देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर और नैनीताल में कल और परसो नहीं होगा सप्ताहांत लॉकडाउन

बदरीनाथ धाम का पंच बदरी प्रसादम देश विदेश के श्रद्वालुओं को ऑनलाइन होगा उपलब्ध फिल्म शिक्षा कोर्स मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने द्न विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडिज की स्थापना करते हुए फिल्म शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए हैं इसके लिए विशेषज्ञों का एक वर्किंग ग्र्प बनाया जाएगा इसमें फिल्म जगत और फिल्म शिक्षा के अन्भवी लोगों को नामित किया जाएगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं दवारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर कोर्स डिजाइन किए जाएगा पाठ्यक्रम आने वाले समय में फिल्म उदयोग की मांग के अनुरूप होगा और सिनेमा के विविध आयामों को समावेशित करने वाला होगा इसमें स्नातक डिग्री और लॉजिस्टिक प्रोडक्शन के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किए जा सकते हैं इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने फिल्म शूटिंग की ऑनलाइन अन्मति के लिए पोर्टल का श्भारम्भ भी किया जड़ीबूटी राजसहायता राज्य सरकार ने जड़ी बूटी और सगन्ध पौधों के कृषिकरण के लिए राजसहायता का फिर से निर्धारण किया है इस प्रस्ताव पर कृषि उद्यान और रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वीकृति दे दी है

इसमें लेमनग्रास सिट्रोनला पामारोजा खस जैसे सगन्ध घासें डेमस्क ग्लाब जिरेनियम कालाजीरा तेजपात और तिमूर चन्दन मिन्ट जैसी प्रजातियां शामिल हैं लॉकडाउन अपडेट एक और दो अगस्त यानि कल और परसो देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर और नैनीताल में सप्ताहांत लॉकडाउन नहीं होगा ईद और रक्षाबंधन त्योहारों के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन चार जिलों में सप्ताहांत लॉकडाउन किया जा रहा था लेकिन त्योहारों के कारण लोगों की सहलियत को देखते हुए कल और परसो लॉकडाउन नहीं किया जाएगा

मेरा घर मेरा विद्यालय लॉकडाउन के कारण शिक्षा से वंचित हए सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए हरिद्वार के शिक्षा विभाग ने मेरा घर मेरा विद्यालय अभियान श्रू किया है इसके तहत शिक्षा विभाग ने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने की पहल की है इससे सरकारी स्कूलों के उन बच्चों को बहत लाभ मिल रहा है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया इस अभियान के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को एनएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर पढ़ा रहे हैं

चमोली जिला प्रशासन ने इसके लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया है इस वेबसाइट के जरिए एक ही प्लेटफार्म पर कृषि उद्यान उद्योग डेयरी मत्स्य पश्पालन समेत अन्य विभागों की स्वरोजगारपरक योजनाओं के लिए आसानी से घर बैठे आनलाइन आवेदन किया जा सकता है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि अभी तक बेरोजगार य्वा ऑफलाइन आवेदन कर रहे थे जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति का ठीक से पता नहीं चलता था जिसे देखते ह्ए बेवसाइट डेवलप की गई है

इस घटना में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और मकान जमींदोज हो गया यह हादसा आज सुबह हआ प्स्ता गिरने से मकान के अंदर मौजूद तीन लोग मलबे में दब गए जबकि एक व्यक्ति ने किसी तरह अपनी जान बचाई सूचना मिलने पर प्लिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची काफी देर तक चले राहत और बचाव कार्य के बाद मलबे में दबे तीनों लोगों के शव निकाले गए जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि इस घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं इस बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है खासकर पर्वतीय जिलों में जगह जगह सड़कें बाधित हैं भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं कल रात राजधानी देहरादून में हुई बारिश से कुछ निचले इलाकों में जलभराव हो गया मौसम विभाग के मुताबिक कल देहरादून टिहरी पौड़ी और हरिद्वार जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है बारिश का सिलसिला दो अगस्त तक जारी रह सकता है पंच बदरी प्रसादम श्री बद्रीनाथ धाम का पंच बदरी प्रसादम अब देश और विदेश के श्रदवाल्ओं को घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध होगा इसके लिए चमोली जिला प्रशासन ने पंच बदरी प्रसादम के विपणन के लिए एमेजॉन कंपनी से करार किया है पंच बदरी प्रसाद एमेजॉन पर बदरीनाथ प्रसाद बैग के नाम से उपलब्ध होगा श्रद्वालुओं को पंच बदरी प्रसाद बैग में पवित्र पौराणिक सरस्वती नदी का जल बदरीश त्लसी बद्री सिक्का हर्बल धूप बदरी गाय का घी हिमालयन डेमस्क ग्लाबजल प्रसाद के रूप में उपलब्ध कराया जायेंगा गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पिछले साल स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंच बदरी प्रसादम योजना शुरू की थी इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित चौलाई के लड्डू और स्थानीय काश्तकारों दवारा तैयार ग्लाब जल हर्बल धूप बदरीश तुलसी सरस्वती नदी का जल सहित अन्य वस्तुएं प्रसाद के रूप में बदरीनाथ धाम में स्टॉल लगाकर बेची जाती था कोरोना संकट के कारण बद्दीनाथ धाम की तीर्थयात्रा मे कम लोगों के पहुंचने के कारण स्वयं सहायता समूहों और काश्तकारों का व्यवसाय प्रभावित ह्आ इसको देखते ह्ए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पंच बदरी प्रसादम की ऑनलाइन बिक्री की योजना तैयार की स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय देहरादून में सीमा सुरक्षा बल ने आज स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय का संदेश देते हुए वन विभाग के साथ मिलकर पौधरोपण किया

डोईवाला बीएसएफ के कमांडेंट राजक्मार नेगी ने बताया कि बरसात के सीजन में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना हिमालय के लिए भी अच्छा है उन्होंने कहा कि माल देवता बीएसएफ का पैराग्लाइडिंग क्षेत्र है और यहां का हिमालय सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है इस अवसर पर बीएसएफ ने मालदेवता के ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया

इस योजना ने दो साल से भी कम समय में शानदार सफलता प्राप्त की है इसी से प्रेरित होकर जम्मू कश्मीर सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य योजना शुरू करने का फैसला किया है लिदान दिवस उधमसिंह नगर जिले में जलियांवाला बाग काण्ड के प्रत्यक्षदर्शी क्रान्तिकारी शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस आज श्रद्वापूर्वक मनाया गया कलेक्ट्रेट में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर जिलाधिकारी डा नीरज खैरवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कंवर और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्वा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्वांजलि दी राम मंदिर चंपावत पांच अगस्त को अयोध्या में होने वाले भगवान राम मंदिर के शिलान्यास के लिए चंपावत जिले के धार्मिक स्थलों की मिट्टी और शारदा नदी का जल भी भेजा जा रहा है